कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को लेकर छह सौ चौहत्तर कोल्ड चेन तैयार

नये प्रावधान इकतीस दिसंबर तक रहेंगे प्रभावी

सुबह और शाम के समय छाया रहेगा घना कोहरा बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने कहा कि नये कृषि कानून में आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार किए गए हैं साउंड बाईट हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाए लेकिन बातचीत के दौर में यह संमव नहीं हो सका

श्री तोमर ने आशा व्यक्त की है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन जल्द ही समाप्त हो जाएगा उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी साउंड बाईट हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और उस पर शंका करना बेबुनियाद है लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है साउंड बाईट मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी है और आने वाले कल में भी रहेगी अगर आप छह वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई है योजनाएं बनी है बजट बढ़ा है एमएमपी बढ़ी है सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान मंहगी फसलों के प्रति आकर्षित हो सकें किसान टैक्नॉलोजी से जुड़ सकें और किसान सफलता की और बढ़ सकें इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है राज्य सरकार ने कृषि उत्पादों की मार्केटिंग और अनुबंध आधारित खेती की निगरानी के लिये बिहार कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन प्रणाली संभाग का गठन किया है यह संभाग अभी कृषि विभाग के कोषांग के रूप में काम करेगा बाजार समितियों को भंग करने के बाद बिना शुल्क बाजारों के संचालन के लिये सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है

यह संभाग राज्य में कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के साथ साथ निजी बाजारों को विकसित करेगा रबी फसल के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिये आज से प्रदेशभर में किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है इक्कीस दिसंबर तक राज्य के सभी पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन होगा कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह आज इसकी शुरूआत पटना के बिहटा प्रखंड अंतर्गत विशुनपुरा पंचायत से करेंगे इस चौपाल के माध्यम से पंचायत के चयनित गांव में एक सौ से अधिक किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं से अवगत कराया जायेगा साथ ही उनसे फीडबैक भी लिया जायेगा प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को लेकर छह सौ चौहत्तर कोल्ड चेन तैयार हैं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि इन शीतगृह में एक समय में एक करोड़ सैंतीस लाख टीकों को रखा जा सकता है उन्होंने कहा कि कोविड टीका को सुरक्षित रखने के लिये कोल्ड चेन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ताकि नियमित टीकाकरण पर कोई प्रतिकूल असर नही पड़े श्री कुमार ने बताया कि लगभग तीन लाख बावन हजार स्वास्थ्यकर्मियों को टीकाकरण के काम में लगाया जायेगा साथ ही चार हजार निजी संस्थानों के कर्मियों की भी पहचान की जा च्रकी है जिनकी सेवाएं ली जायेंगी प्रदेश में कोविड टीकाकरण के पहले चरण में लगभग पांच लाख स्वास्थ्यकर्मियों को टीका देने का लक्ष्य है वहीं दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति के योद्वाओं प्रलिसकर्मी आशा कार्यकर्ता और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों का टीकाकरण होगा प्रदेश में कोरोना से अब तक दो लाख बत्तीस हजार चार सौ अड़तीस लोग स्वस्थ हो चूके हैं स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव दो प्रतिशत है वहीं इस वैश्विक महामारी से एक हजार दो सौ पंचानवे लोगों की मौत हई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों से पांच सौ छियासठ नये मामलों की पुष्टि हुई जबकि पांच सौ बहत्तर मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई प्रदेश में अभी प्रतिदिन एक लाख पच्चीस हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा रही है अब तक एक करोड़ चौवन लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है साउंड बाईट थोड़ा सा दूरी मेनटेन करना बिल्कुल जरूरी है दूसरा मास्क पहनकर रखना बीमार व्यक्ति को भी और दूसरे लोगों को भी तीसरा खुले हवा का प्रसार होना बिल्कुल आवश्यक है हाथ बार बार सावुन से साफ करना आवश्यक है आखिरी चीजें पौष्टिक आहार खाइए बीमार व्यक्ति को भी खिलाइए और आप भी खाइए ताजा फल सब्जी और बादाम वगैरह उनसे भी काफी आपका इम्युनिटी बढ़ता है राज्य सरकार ने शादी समारोह में दो सौ लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी है पहले यह सीमा एक सौ पचास लोगों की थी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा छब्बीस नवंबर को जारी दिशा निर्देश राज्य में तीन दिसंबर से प्रभावी माने जायेंगे इन दिशा निर्देशों में दो सौ लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई थी श्री सुबहानी ने बताया कि ये निर्देश इकतीस दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे गौरतलब है कि केंद्र के गाईडलाइन के आलोक में राज्य सरकार ने पहले एक सौ और बाद में एक सौ पचास लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दी थी मौसम विभाग ने बुधवार से प्रदेशभर में ठंड बढ़ने की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि पर्वतीय इलाकों में हो रही बर्फबारी का प्रभाव राज्य में भी देखने को मिलेगा ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी के साथ साथ सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा अभी अड़तालीस घंटों तक न्यूनतम पारा सामान्य के आसपास या उससे ऊपर बना रहेगा इधर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्यभर में बादल छाये हये हैं इसके साथ ही ध्रंध और कोहरा होने से द्रश्यता में काफी कमी आई है दृश्यता में कमी होने से पटना हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है कल लगभग डेढ़ दर्जन विमानों की उड़ान प्रभावित हुई प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चूनाव की तैयारियां शुरू हो गई है राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिये सभी जिलाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी नामित किया है आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने बताया कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से उनके जिले में कितने चरणों में चुनाव हो इस संबंध में प्रस्ताव मांगा गया है उन्होंने बताया कि चुनाव में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिये जागरूकता अभियान चलायेगा पटना में संघ की उत्तर पूर्व क्षेत्र की कार्यकारी मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी बैठक में प्रदूषण नियंत्रण जल संरक्षण पौधारोपण और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने जैसे मुद्दों पर भी जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया गया बैठक में सर संघ चालक मोहन भागवत भैया जी जोशी सुरेश सोनी और मनमोहन वैद्य समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे राज्यसभा की एक रिक्त सीट के लिये भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निर्वाचन की आज औपचारिक घोषणा होगी इस सीट के लिये आज नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि है गौरतलब है कि श्री मोदी इस सीट से एक मात्र उम्मीदवार हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया था लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया था महागठबंधन ने इस सीट के लिये अपना उम्मीदवार नहीं दिया है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी पत्रकारों से बातचीत में श्री क्शवाहा ने कहा कि इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिये पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का जदयू में विलय में का कोई सवाल ही नहीं उठता है देश के मान सम्मान की रक्षा करने वाले शहीदों और सैनिकों के सम्मान में आज सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जा रहा है प्रतिवर्ष सात दिसम्बर को यह दिवस मनाया जाता है इस दिन सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन जुटाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर सेना के जवानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव इफको की ओर से दिया जाने वाला श्री लाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान इस वर्ष जानेमाने कथाकार रणेन्द्र को दिया जायेगा रणेन्द्र को अपने लेखन में आदिवासी जीवन के जीवंत चित्रण के लिये चूना गया है वे नालंदा के रहने वाले हैं महाराष्ट्र के नासिक में बिहार के पांच मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये मृतकों में तीन मुजफ्फरपुर और दो वैशाली जिले के रहने वाले हैं गैस सिलिंडर में आग लगने के कारण यह घटना हुई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पिछले दस सालों से बिहार पुलिस में नौकरी कर रहे एक पूर्व सिपाही को सारण जिले के दिघवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आमी गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है मधेपुरा जिले के मठाही में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है मौके से निर्मित और अर्ध निर्मित हथियारों के साथ दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है पटना जिले के कुख्यात और इनामी अपराधी रवि गोप को पुलिस ने अथमलगोला से गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार अपराधी की पुलिस को हत्या और अपहरण के कई मामलों में तालाश थी पटना जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर पांच शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान लिखता है नये कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद के लिये लामबंदी सरकार अडिग दैनिक जागरण ने लिखा है अप्रैल मई में हो सकती हैं सीबीसीसई बोर्ड परीक्षाएं दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है बिहार के धान से आंध्र प्रदेश में बन रहा चावल विदेशों में निर्यात प्रभात खबर की सुर्खी है नौ चरणों में हो सकता है पंचायत चुनाव मार्च से मई के बीच होगा मतदान राष्ट्रीय सहारा ने श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार के हवाले से लिखा है उन्नीस लाख रोजगार देने का बन रहा रोडमैप दैनिक आज की सुर्खी है फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम

कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को लेकर छह सौ चौहत्तर कोल्ड चेन तैयार

नये प्रावधान इकतीस दिसंबर तक रहेंगे प्रभावी

सुबह और शाम के समय छाया रहेगा घना कोहरा